धर्मशाला व पच्छाद विधानसभा उपच्नाव में दो दिन बाकी च्नाव प्रचार चरम पर भाजपा व कांग्रेस ने किए अपनी अपनी जीत के दावे

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने समाज के सभी लोगों से पीड़ित मानवता की सेवा में आगे आने का आहवान किया है सोलन जिले के नालागढ़ में आज तीन दिवसीय रैडक्रॉस मेले के शुभारम्भ अवसर पर उन्होंने कहा कि स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त जैसे सामाजिक अभियानों को भी रैडक्रॉस से जोड़ा जाना चाहिए राज्यपाल ने कहा कि समाज के प्रत्येक जिम्मेदार नागरिक का ये कर्त्तव्य है कि वो अपने आप को रैडक्रॉस गतिविधियों से जोड़े बंडारू दत्तात्रेय ने कन्या भ्रण हत्या जैसी सामाजिक बुराई पर अंकुश लगाने की जरूरत पर बल देते हुए कहा कि लिंगानुपात में सुधार लाना समय की मांग है इससे पहले राज्यपाल ने एंटी ड्रग रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और नालागढ़ कॉलेज के विद्यार्थियों को नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलाई उन्होंने नागरिक अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए और सामाजिक संगठनों द्वारा लगाए गए रक्तदान शिविर का शुभारम्भ भी किया मॉडल स्कूल इस बीच प्रदेश रैडक्रॉस सोसायटी की अध्यक्ष डॉक्टर साधना ठाकुर ने सोसायटी के सभी सदस्यों से अपने क्षेत्र में एक सरकारी स्कूल को गोद लेकर उसे मॉडल स्कूल बनाने में सहयोग करने का आहवान किया है शिमला में आज रैडक्रॉस की एक बैठक में उन्होंने कहा कि स्कूलों में गरीब बच्चों की पहचान कर रैडक्रॉस के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए

चुनाव प्रचार का कल अंतिम दिन है और भाजपा व कांग्रेस के बड़े नेता प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज पच्छाद विधानसभा क्षेत्र के सराहां व नारग में दो चुनावी जनसभाओं को सम्बोधित किया

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विकास में विश्वास रखती है और भाजपा सरकार ने राज्य का संतुलित विकास किया है जयराम ठाकुर ने मतदाताओं से पार्टी प्रत्याशी रीना कश्यप के पक्ष में मतदान करने की अपील की दूसरी ओर विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने राजगढ़ क्षेत्र में पार्टी प्रत्याशी गंगूराम मुसाफिर के पक्ष में चुनाव प्रचार किया उन्होंने दावा किया कि उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज कर इतिहास रचेगी अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा ने सिरमौर जिले की अनदेखी की है और यहां विकास कार्य ठप्प पड़े हैं उधर धर्मशाला क्षेत्र में भी चुनाव प्रचार जोरों पर है और भाजपा प्रत्याशी विशाल नेहरिया और कांग्रेस उम्मीदवार विजय इन्द्र करण घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं जयराम इस बीच मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि धर्मशाला व पच्छाद विधानसभा क्षेत्र में भाजपा जीत दर्ज करेगी उन्होंने कहा कि जनता पार्टी की नीतियों से खुश है और बागी उम्मीदवारों के मैदान में उतरने से भाजपा को कोई नुकसान नहीं होगा सोलन में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और उसका आक्रोश भी अपनों से ही है

ये अवकाश प्रदेश में कार्यरत सरकारी गैर सरकारी निजी क्षेत्र और दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को भी देय होगा कर्मचारियों को संबंधित पीठासीन अधिकारी से मतदान करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा विश्वविद्यालय प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला ने उपचुनाव को देखते हुए एमफिल और एलएलएम कोर्सों के लिए कांउसलिंग की तिथि में फेरबदल किया है

एनसीईआरटी प्रदेश में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी ने शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम निष्ठा की शुरूआत कर दी है इस संबंध में शिमला में आज अध्यापकों के लिए पांच दिवसीय कार्यशाला शुरू हुई

सेनापति ने कहा कि इसका उद्देश्य अध्यापकों को शिक्षा के क्षेत्र में काम आने वाली विधाओं के बारे में जानकारी देना है ताकि बच्चों का चहुमुखी विकास हो सके

इन सड़कों का निर्माण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किया जाएगा

रामस्वरूप शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मण्डी संसदीय क्षेत्र में पिछले पांच वर्षो में करीब एक हज़ार करोड़ रूपए की सड़क परियोजनाएं मंजूर की गई हैं हाईकोर्ट प्रदेश उच्च न्यायालय ने छात्रवृत्तियां देने में की गई अनियमितता मामले में निदेशक उच्च शिक्षा और सीबीआई को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर स्टेटस रिपोर्ट देने का आदेश दिए हैं

बंडारू दत्तात्रेय राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपनी धर्मपत्नी के साथ आज बिलासपुर जिले के प्रसिद्ध शक्तिपीठ श्री नैनादेवी मंदिर में पूजा अर्चना की उन्होंने कहा कि हिमाचल व तेलंगाना सरकार के सहयोग से दक्षिण भारत में हिमाचल के शक्तिपीठों का प्रचार किया जाएगा ताकि पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हो सके राज्यपाल ने कहा कि तेलंगाना सरकार से बात कर पर्यटकों की सुविधा के लिए नैनादेवी में एक पर्यटन केन्द्र विकसित करने का प्रयास किया जाएगा तकनीकी कर्मचारी हिमाचल परिवहन तकनीकी कर्मचारी संगठन ने निगम में कार्यरत पीसमील कर्मचारियों को अनुबंध पर न लाने के विरोध में सामूहिक अवकाश पर जाने का निर्णय लिया है

डाक प्रदर्शनी शिमला डाक मण्डल द्वारा शिमला के गेयटी थियेटर में दो दिवसीय डाक टिकट प्रदर्शनी लगाई गई है

उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य लोगों और बच्चों को डाक टिकट के इतिहास व इसके महत्व के बारे में जानकारी देना है लोगों में डाक टिकट प्रदर्शनी को देखने के लिए खासा उत्साह नजर आ रहा है गणेश दत्त हिमफैड के अध्यक्ष गणेश दत्त ने कहा है कि इस वर्ष हिमफैड ने सेब की रिकार्ड खरीद की है

गणेश दत्त ने कहा कि बागवानों से सी ग्रेड का सेब समर्थन मूल्य पर खरीद कर परवाणु मण्डी में इसकी सार्वजनिक बोली लगाई जाती है